सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की

श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनिया भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी साव्वानी भी रखनी है दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है दवा उद्योग वैक्सीन निर्माताओं ऑक्सीजन उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र से जूड़े विशेषज्ञों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कोविड महामारी पर केन्द्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्वाओं र्स बातचीत भी की श्री मोदी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने देशमर के एम्बुलेंस चालकों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लडाई कर रहा है उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं श्री मोदी ने आज भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बघाई दी

श्री मोदी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हम जीवन में जितनी कृशलता से अपने कर्तव्य निभाएंगे संकट मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढेंगे आज भगवान महावीर जयंती भी है मैं सभी देशवासियों को शुभकामनायें देता हूँ भगवान महावीर के सन्देश हमें तप और आत्म संयम की प्रेणा देते हैं अमी रमजान का पवित्र महीना मी चल रहा है आगे बुद्ध पूर्णिमा नी है

एक महत्वपूर्ण दिन पोविशे बोइशाक टैगोर जयंती का है ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तेव्यों को निर्माने की

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शो से एक नई राह दिखाई उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा करूणा और निस्वार्थ भावना के संदेशों के जरिए सौहार्द और मानवता की प्रगति का रास्ता दिखाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है कुशीनगर जिले के पावा में कोविड नियमों के तहत भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है